प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रमुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है लद्दाख में भारत की भूमि पर आँख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब भिला है भारत भित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी माँ भारती के गौरव पर आँच नहीं आने देंगे श्री मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द का अनुभव कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है हर देशवासी को बनाना है हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े देश और अधिक सक्षम बने देश आत्मनिर्भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्वांजलि भी होगी प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की तैयारी के महत्व का भी उल्लेख किया श्री मोदी ने कहा कि कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढियों में परिवर्तित किया है इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है

इसी साल में देश नये लक्ष्य प्राप्त करेगा नई उड़ान भरेगा नई ऊँचाइयों को छुएगा

प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब का संकल्प समर्पण और सहयोग बहत जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को स्वयं विभिन्न बीमारियों से बचना होगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोला जा रहा है लेकिन हमें अभी सतर्क रहना होगा लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं दो गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरुरी सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं खासतौर पर घर के बच्चों और बुजुर्गों को इसीलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि आप लापरवाही मत बरतिये अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अदरक हल्दी और अन्य मसालों की मांग न केवल भारत में बल्कि अमरीका में भी बढ़ गई है हमें इन चीजों के बारे में दुनिया भर को सहज और सरल भाषा में जानकारी देनी चाहिए ताकि वे इसे आसानी से समझ सकें और हम स्वस्थ विश्व बनाने में अपना योगदान दे सकें श्री मोदी ने कहा कि मॉनसून अब देश के अधिकतर भागों में पहुंच चुका है और मौसम वैज्ञानिकों में वर्षा को लेकर बहुत उत्साह और आशा है

प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया कि गणेश चतुर्थी के दिन पर्यावरण के अनुरूप गणेश की प्रतिमायें बनायें पचीसी मोक्ष पाटम और गुट्टा जैसे पारम्परिक खेलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने परिवारों के बुजुर्गों से आग्रह किया कि वे इन खेलों के बारे में नई पीढ़ी को भी जानकारी दें

नई चुनौतियां आई अनेक संकट आए लेकिन इसके लिए ये साल खराब नहीं होगा

तो ये विश्वास जगाना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने उसके साथ जिस तरह से अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी पीवी नरसिम्हा राव जी के जीवन पर भी उन्होंने बात की तो बाकी घर में कैसे समय बितायें इसके बारे में जो बताया यह बेहद ही लोगों को अच्छा लगा है और इसलिए ये मन की बात एक बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का आधार बना है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने के लिये आज आयोध्या पहुंचे उन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन किये और परिसर में बनी वाटिका में पौधरोपण भी किया अयोध्या में आज हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल पहुंच कर कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल लिया

इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने गोण्डा दौरे के दौरान जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और विकास कार्यों की प्रगति के बारे में समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री ने जिले में बाढ़ राहत कार्यो का मौके पर जायजा लिया और जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया उन्होंने जिला अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारियों से व्यवस्था की जानकारी ली देश में तीन लाख नौ हजार सात सौ तेरह कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं पिछले चौबीस घंटे में तेरह हजार आठ सौ बत्तीस रोगी ठीक हए हैं और अब स्वस्थ होने की दर अट्ठावन दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में उन्नीस हजार नौ सौ छह लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या पांच लाख अट्ठाइस हजार आठ सौ उन्सठ हो गई है एक दिन में चार सौ दस लोगों की मृत्यु के साथ म्रतको की कुल संख्या सोलह हजार पन्चान्नबे हो गई है इस समय देश में दो लाख तीन हजार इक्यावन मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं प्रदेश में कल एक दिन में सबसे अधिक बीस हजार से अधिक सैम्पलों की जांच की गई जो अब तक का रिकार्ड है

उन्होंने बताया कि अब तक कुछ छह लाख चौरासी हजार से अधिक सैम्पलों की जांच की गई है अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में छह हजार छह सौ उन्यासी कोरोना के मामले ऐक्टिव हैं वहीं अब तक चौदह हजार से अधिक मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं उन्होंने कहा कि ग्राम एवं मोहल्ला निगरानी समितियों के द्वारा निगरानी का कार्य सक्रियता से किया जा रहा है श्री प्रसाद ने बताया सर्विलांस के कार्य को बड़े स्तर पर बढ़ाया जा रहा है जिसकी श्रूआत मेरठ मंडल में अगले जुलाई माह में एक विशेष अभियान चलाकर किया जायेगा जिसके तहत डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग की जायेगी इसके बाद प्रदेश के सत्रह मंडलों में भी इस अभियान को श्रू किया जायेगा प्रदेश के कुछ जिलों में टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिये अभियान जारी है राज्य सरकार ने कृषि विभाग के सहयोग से आज आगरा सहित कुछ जिलों में फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव कर किसानों को टिड़डियों से निजात दिलायी प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से बाचतीत में बताया बाइट जो कीटनाशक रसायनों का उपयोग होता है टिड्डी दलों को मारने के लिये वह हम लोगों ने सब जगह उपलब्ध करा दिये हैं